जिला कलेक्टर के के शर्मा ने बताया कि कर्फ्यू भी जारी रहेगा अजमेर रेंज के आईजी संजीव निर्जरी और संभागीय आयुक्त एलएन मीना ने मालपुरा में पहुंचकर हालात की जानकारी ली गौरतलब है कि विजयादशमी पर शोभायात्रा के दौरान दो समुदायों में पथराव के बाद यहां तनाव की स्थिति बनी हुई है भारी पुलिस जाप्ता तैनात है और स्थिति नियंत्रण में है

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान में युवाओं को वैदिक संस्कृति से जोड़ना और सुसंस्कृत तथा भारतीय प्राचीन ज्योतिष विज्ञान का प्रचार प्रसार करना है जयपुर के प्रतापनगर में राजस्थान आवासन मंडल ने हल्दीघाटी मार्ग पर कोचिंग हब बनाने के लिए कोचिंग संचालकों से प्रस्ताव और सुझाव मांगे है आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि प्रतापनगर के हल्दीघाटी मार्ग पर आवासन मंडल के स्वामित्व वाली भूमि अर्भी वाणिज्यिक और संस्थानिक उपयोग के लिए आरक्षित है इस जमीन के बेहतर उपयोग के लिए यहां कोचिंग हब बनाने की कार्ययोजना बनाई जाएगी राज्य में कार्यरत क्रेडिट को ऑपरेटिव और मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव सोसायटियों अरबन और नागरिक बैंकों की व्यावसयिक गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार नीरज के पवन ने बताया कि राज्य में लोगों से कई क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसायटियों और अरबन बैंकों द्वारा धोखाधड़ी की गई है विभाग द्वारा प्रसंज्ञान लेते हुए कुछ क्रेडिट सोसायटियों के मामले एसओजी भिजवाएं गए है बीकानेर जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों की गृह कार्य की जांची गई कॉपियों का परीक्षण करवाया जाएगा यदि कॉपियों में जांचने के स्तर में खामी पाई गई तो सम्बंधित शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने जिला निष्पादन समिति की बैठक में यह निर्देश दिए भरतपुर में आज से डीग महोत्सव का आगाज हो रहा है पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कई मंत्री और विधायक भी शिरकत करेंगे

यह नियम नया रिचार्ज करवाने वाले ग्राहको पर लागू होगा देशभर में अब तक इसकी वॉइस कॉलिंग फी थी प्रदेश से मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है मौसम विभाग के अनुसार श्रीगंगानगर हनुमानगढ बीकानेर च्रूर से मानसून पूरी तरह लौट चुका है वहीं जैसलमेर तथा झुंझुनू में कुछ हिस्सों से मानसून की विदाई हो चुकी है

जयपुर की प्रिया पूनिया ने अपने पहले अंतराष्ट्रीय मैच में नाबाद अर्द्वशतक बनाया